इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज द्रंग विधानसभा क्षेत्र के बदार में जनसभा को संबोधित करेंगे इसी तरह भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर चंबा के चुराह विधानसभा क्षेत्र रामस्वरूप शर्मा जोगेंद्रनगर के लदरोही में अनुराग ठाक्र हमीरपुर में और सुरेश कश्यप नालागढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे दूसरी ओर कांग्रेस के चारों उम्मीदवार धनीराम शांडिल पांवटा साहिब रामलाल ठाकुर बिलासपुर पवन काजल चंबा और आश्रय शर्मा अपने संसदीय क्षेत्र मंडी के विभिन्न स्थानों में चुनाव प्रचार कार्यक्रमों में भाग लेंगे

चुनाव सरगर्मिया प्रदेश कांग्रेस जनजातीय विभाग के उपाध्यक्ष बेनी प्रसाद ने सांसद शांता कुमार पर चंबा कांगड़ा की जनता के साथ अनदेखी का आरोप लगाया है चम्बा में कल एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि शांता कुमार लगातार तीन बार सांसद रहने के बावजूद भी इस संसदीय क्षेत्र का विकास नहीं करवा सके उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार पवन काजल भारी मतों से जीतेंगे और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे चुनाव रिहर्सल इधर किन्नौर जिले के रिकांगपिओ में लोकसभा चुनाव के मददेनजर मतदान प्रकिया में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रथम चरण का चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया सहायक निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि इस दौरान चुनाव प्रक्रिया में लगे कर्मचारियों को ईवीएम व वीवीपैट के प्रयोग के बारे में प्रशिक्षित किया गया

स्वीप कार्यक्रम लोकसभा चुनाव में मतदात प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है कार्यक्रम की इसी कड़ी में कल हमीरपुर के एक कॉलेज में सहायक निर्वाचन अधिकारी शशिपाल नेगी की अध्यक्षता में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया इस दौरान छात्रों को मतदान के महत्व के बारे में जानकारी दी गई चुनाव जागरूकता लोकसभा चुनाव को लेकर लाहौल स्पीति जिले के विभिन्न स्थानों पर कल लोगों को ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को लेकर जागरूक किया गया

जयंती देश सहित प्रदेश भर में आज भगवान महावीर जयंती श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है इस मौके पर प्रदेश भर में कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है

मौसम उंची चोटियों पर बीती रात हुए हिमपात और कुछ जिलों में वर्षा से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है जिससे लोगों को एक बार फिर ठंड का सामना करना पड़ रहा है राजधानी शिमला सहित सोलन बिलासपुर व सिरमौर जिले के कई स्थानों पर बीती रात से रूक रूककर हो रही वर्षा का कम अभी भी जारी है

विभाग ने आज निचले व मध्य पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा व ओलावृष्टि सहित तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती के खिलाफ चुनाव आयोग के नोटिस से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी की सुर्खी है सतपाल सत्ती और विनय शर्मा के खिलाफ एफआईआर अमर उजाला का शीर्षक है सत्ती पर केस दर्ज चुनाव आयोग का नोटिस दैनिक जागरण लिखता है विवादित बोल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस रामशहर में दिए बयान पर बद्दी के एसपी को मामला दर्ज करने का आदेश दिव्य हिमाचल लिखता है सतपाल सत्ती के बिगड़े बोल बने गले की फांस हिमाचल दस्तक का कहना है भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती पर एफआईआर जवाब तलब

वीरभद्र सिंह से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में नया मोड़ शीर्षक से पंजाब केसरी ने लिखा है सीबीआई के साक्ष्यों के आधर पर दर्ज नहीं होंगे बयान दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई विशेष जज को दिया आदेश जबकि अजीत समाचार के शब्द हैं वीरभद्र सिंह के संपत्ति मामले में गवाहों का परीक्षण करने पर रोक आपका फैसला की एक खबर है चूड़धार में फंसे दो पर्यटक सुरक्षित निकाले

अमर उजाला के शब्द है पहाड़ों पर हिमपात मैदानों में बारिश आज तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी